इसके अलावा वे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री का आज शाम को शिमला लौटने का कार्यकम है उल्लेखनीय है कि जयराम ठाकुर करीब एक सप्ताह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे थे

उन्होंने इस संबंध में विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक कर सुविधाओं पर विचार विमर्श किया इधर शिमला में स्वास्थ्य निदेशालय में भी कोरोना वायरस को लेकर विभिन्न विभागों के चिकित्सा विशेषज्ञों की एक बैठक हुई जिसमें इस वायरस से निपटने की रणनीति बनाई गई हालांकि प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस का कोई मामाला सामने नहीं आया है बैठक प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पैंशन स्कीम के तहत निगरानी समिति की बैठक कल ऊना में हुई

उन्होंने अधिकारियों को योजना के तहत पंजीकरण पर विशेष बल देने के निर्देश दिए

धुमल धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रदेश अधिवक्ता प्रीमियर लीग प्रतियोगिता कल सम्पन्न हुई समापन समारोह में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया मौसम जनजातीय इलाकों में कल रात हुए हल्के हिमपात से समूचे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है हालांकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं

राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में सुबह शाम गहरी धुंध छाने और तापमान में कमी से जबरदस्त ठंड का दौर जारी है मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने सेना भर्ती मामले में एक जालसाज की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सेना में भर्ती कराने को सवा लाख रूपये लेते एजेंट कालका से गिरफ्तार दिव्य हिमाचल लिखता है भर्ती के नाम पर डेढ़ लाख ठगते धरा करनाल का एजेंट जबकि दैनिक जागरण के शब्द हैं सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाला धरा

पंजाब केसरी ने खबर दी है नए मंत्रियों व अध्यक्ष के लिए नड्डा ने पूछी सीएम की पसंद मुख्यमंत्री को परफॉमैंस के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया नागचला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए बनाई गई नेगोशिएशन कमेटी शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है तीन हजार चार सौ बीघा जमीन के अधिग्रहण की है योजना साइट इस्पेक्शन जल्द अमर उजाला की एक खबर है वार्षिक परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की रूकेगी वेतन वृद्वि वहीं हिमाचल दस्तक के शब्द हैं खराब रिजल्ट से रूकेगी शिक्षकों की प्रमोशन